ऐसे में भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सिरमौर जिले के रोनहाट और ज्वालापुर में जनसभाएं करेंगे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ऊना जिला के भटोली संतोषगढ़ सुनेहरा सहित विभिन्न स्थानों में जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से किशन कपूर ज्वालाजी क्षेत्र के मझीण लंघा व लगडू में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे मंडी संसदीय क्षेत्र से रामस्वरूप शर्मा तल्याहड़ मराथू कैदनवाल समखेतर आदि क्षेत्रों में जनसंवाद में हिस्सा लेंगे शिमला संसदीय क्षेत्र से सुरेश कश्यप रोहडू क्षेत्र की जांगला बडियारा समरकोट सहित विभिन्न स्थानों में जनसभाएं करेंगे वहीं दूसरी ओर मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा लाहौल स्पीति के केलांग पांगी और काजा में जनसभाए करेंगे इसी तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा आज पालमपुर घुमारवीं और नालागढ़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे नरेन्द्र मोदी वरिष्ठ भाजपा नेता व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंडी के पड़डल मैदान में कल आयोजित होने वाली च्नावी रैली को संबोधित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए यहां व्यापक तैयारियां की जा रही हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए प्रदेश के भाजपा नेता व कार्यकर्ता रैली को सफल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं इस रैली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और भाजपा प्रत्याशी व सांसद रामस्वरूप शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहेंगे दूसरी ओर कांग्रेस के स्टार प्रचारक व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी कल ऊना में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे

इन पोलिंग बुथों पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा जनजातीय जिला लाहौल स्पिति के लिए हैलीकाप्टर के मााध्यम से कल शेष बची चुनाव सामग्री पहुंचा दी गई इससे पहले अधिकतर चुनाव सामग्री रोहतांग टनल के मााध्यम से जिले में भेजी जा चुकी है डीसी शिमला शिमला जिले के दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा और सहायता के लिए सभी मतदान केन्दों पर राष्ट्रीय कैडिट कोर व राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकर्ता तैनात रहेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि इनमें महिला स्वयं सेवक भी शामिल होंगी राजेश्वर गोयल ने कहा कि दिव्यांग साथियों को एक विशेष कैप पहनाई जाएगी जिसमें दिव्यांग साथी का चिन्ह और जिला निर्वाचन अधिकारी शिमला अंकित रहेगा उन्होंने कहा कि जिले के समी विधानसभा क्षेत्रों में दिव्यांग साथियों के लिए प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी ताकि वे दिव्यांगजनों की पूरी तरह से सहायता कर सकें अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण के शब्द हैं सीबीआई ने दर्ज किया केस निजी शिक्षण संस्थानों में दाबिश देने की तैयारी

इसी खबर पर आपका फैसला लिखता है मतदान का संदेश मेगा नाटी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मिला स्थान

हिमाचल दस्तक की एक खबर है फोन टैपिंग पर जयराम की कांग्रेस को चुनौती बोले शग्रफा छोड़ने के बजाय सबूत सामने लाओ दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है पुलिस करेगी फोन टैपिंग आरोपों की जांच

नमस्कार